कल उम्मीदवारो द्वारा नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त होने के बाद शेष सत्तावन विधान सभा सीटो के लिए एक सौ इक्कासी उम्मीदवार मैदान में है निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भाजपा उम्मीदवारो में दिरांग विधानसभा क्षेत्र से फुरपा सेरिंग याचुली से ताबा तेदिर और आलोंग ईस्ट से केंतो जिनी शामिल है

राज्य में सबसे अधिक बोरदुमसा दियुन विधानसभा क्षेत्र से दस उम्मीदवार है अरुणाचल प्रदेश में कुल मतदाताओ की संख्या साठ लाख चौरानंवे हजार एक सौ बासठ है जिसमें से चार लाख एक हजार छह सौ एक महिला मतदाता है राज्य में दिव्यांग मतदाताओ की संख्या तीन हजार है प्रदेश में कुल दो हजार दो सौ दो मतदान केंद्र है जिसमें से ग्यारह मतदान केंद्र पूरी तरह से महिला मतदातोओ के लिए है राज्य चुनाव आयोग के अनुसार प्रदेश में पांच सौ अट्ठारह मतदान केंद्र ऐसे है जहाँ मतदान कर्मी दो घंटे से लेकर दो दिनो तक पैदल चलकर पहुँचते है मतदान कर्मियो और चुनाव सामग्री को पहुचाने के लिए हैलीकाप्टर की सेवाये भी ली जायेगी भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार राज्य में चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए छब्बीस सामान्य पर्यवेक्षक बीस व्यय पर्यवेक्षक और दो पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किये गए है आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से प्रदेश में अब तक फ्लाईंग स्क्वाड द्वारा तीन करोड़ रुपए से अधिक जब्त किये जा चुके है निर्वाचन आयोग ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया कि वीवीपेट पर्ची की गणना का वर्तमान तरीका बिल्कुल उचित है शीर्ष न्यायालय ने सोमवार को निर्वाचन आयोग से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के कम से कम एक मतदान केंद्र से नमूना पर्चियो की संख्या बढ़ाने के बारे में निर्वाचन आयोग से उसका अपना विचार मांगा था जवाब में निर्वाचन आयोग ने कहा कि भविष्य के चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के संबंध में किसी भी सुझाव पर विचार कर सकता है आयोग ने यह भी कहा कि आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एम चन्द्रबाब् नायड़ के नेतृत्व में इक्कीस विपक्षी नेताओ की दायर याचिका में इस समय वर्तमान प्रणाली में बदलाव के लिए किसी कारण या आधार का उल्लेख नही किया गया है आगामी लोकसभा चुनाव में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग मशीनों की कम से कम पचास प्रतिशत वीवीपेट पर्ची की सरसरी जांच के बारे में इक्कीस विपक्षी नेताओं की अप्रैल याचिता पर निर्वाचन आयोग ने यह हलफनामा दाखिल किया है

न्यायाधीस आर एफ नरिमन और विनीत सरन की पीठ ने पचीस सितम्बर दो हजार अटठारह के फैसले पर अमल न करने के लिए तीन उपनिर्वाचन आयुक्तो विधि सचिव और केबिनेट सचिव से जवाब मांगा है पिछले वर्ष सितम्बर में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से व्यवस्था दी थी कि चुनाव में उम्मीदवार बनने से पहले सभी को निर्वाचन आयोग को अपने अपने आपराधिक मामलों की जानकारी देनी होंगी संविधान पीठ ने यह भी निर्देश दिया था कि इन आपराधिक मामलों की जानकारी का मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जाना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले पांच वर्षो में लोगो के लिए अनेक बड़े फैसले किए है और देश के साथ एक चौकिदार की तरह डटी रही है उन्होंने लोगो से प्रछा कि वे चौकिदार का समर्थन करेंगे या उन नेताओ के साथ जाएंगे जो अपने लिए काम करते है तेलंगाना में नगर कुरनूल लोकसभा क्षेत्र में चुनावी रैली को सम्बोधित करते हुए उन्होंने लोगो से कहा कि वे भारत के भावी विकास के पक्ष में मतदान करें